राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ग्रीक नेताओं के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच प्राचीन तथा सौहार्दपूर्ण रिश्ते की बात दोहराई है यात्रा के दौरान तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये इनमें दोनों देशों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच सांस्कृतिक सम्बध मानकीकरण और सहयोग के विस्तृत विषय शामिल है

उन संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने भारत और ग्रीस दोनों के व्यापार प्रतिनिधि मंडलों से म्लाकात की जिनहोंने अपने व्यापार सम्बध बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्वता दोहराई राष्ट्रपति कोविंद ने ग्रीस में बसे भारतीय सम्दाय से भी म्लाकात की और उन्हें भारत के सांस्कृतिक राजदूत बनने को प्रोत्साहित किया और भारत द्वारा उनके लिए विस्तारित स्विधाये और विशेषाधिकारों का लाभ उठाने को कहा

उन्होंने बताया कि छ सटार रेटिंग प्राप्त करने वाले तीन ही गांव के है जिनमें हथीन खंड का जैतपुर व जाना चौली गावं तथा पुथला खंड का नंगलान भीख् गांव शामिल है इसी तरह पांच स्टार वाले तीन गांवो मे पलवल के हसनप्र खंड का मांडोली और हथीन खंड का धरोट तथा रोहतक के कलानौर खंड का काहनौर गांव शामिल है उल्लेखनीय है कि काहनौर का राष्ट्रीय स्तर पर नाना जी देशम्ख तथा पडित दीन दयाल उपाध्याय प्रस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने बताया कि इन गावों को सम्मानित करने के लिए ज्लाई माह में पंचकूला ग्रूग्राम व रोहतक में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे डयूटी के दौरान अपंग होने वाले सैनिकों के सम्मान में सेना इस वर्ष को डयूटी में अपंग हये सैनिक वर्ष के रूप में मनायेगी केन्द्रीय मंत्रालय ने इस बारे कल विस्तृत बयान जारीकिया है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन सिपाहियों का तकलीफों को उजागर करना मुख्य उद्देश्य है जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा के साथ अपनी डयूटी करते हये जीवन भर के लिए अपंग हो जाते है ऐसे सिपाही जो मेडिकल ग्राउंड पर सेना से बाहर आ जाते है और शारीरिक अवस्था के कारण कोई द्रसरा रोज़गार नहीं कर पाते एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी सेना ऐसे खिलाड़ियों के टेलेंट का दर्शाने के लिए रवेल गतिविधियां सास्कृतिक कार्यक्रम तथा उनकी कला पदर्शनियां आयोजित करेगी सरकार ऐसे सिपाहियों को ग्रांट के लिए अवग से फंड स्थापित कराने पर भी विचार कर रही है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल स्बह साढ़ नौ बजे किसानों से संवाद करेंगे

हरियाणा सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों के क्लपतियों की निय्क्ति के लिए विशवविदयालय अनुदान आयोग मानव प्रारूप को अपनाने का निर्णय लिया है एक स्रकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि भविष्य में राज्य विश्वविद्यालय के क्लपति पद पर सभी निय्क्तियां यूजीसी मानकों के अन्रूप की जायेगी

एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि निगम दवारा कृषि उपभोक्ताओं को राहत दी गई ताकि उन्हें लोड बढ़ाने के लिए सर्विस चार्ज न देना पड़े घरेलू व गैर कनैक्शन वाले उपभोक्ता लोड बनाने बढ़ाने के लिए बिना किसी शर्त या ऐफीडेविट दिये सिर्फ घोषणा पत्र के साथ नये लोड की दरो के अन्सार श्ल्क जमा करके लोड बढ़वा सकते है बीस किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं का टैस्ट रिपोर्ट जाम नही करवानी होगी जबकि अधिक लोड वो उपभोक्ता टेस्ट रिपोर्ट जमा करायेंगे

इस लाईब्रेरी को प्रयोग करने के इच्छ्क ग्गल प्ले स्टोर पर निश्ल्क रजिस्टर कर सकते है इसमें दो सौ भाषाओं में पैतींस लाख से अधिक ई प्स्तकें उपलब्ध है भिवानी डाक मंडल देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है जिसके सभी डाकघर कोर सिस्टम इंटीग्रटिड यानि सीएसआई से संचालित होंगे आज इस सिस्टम की श्रूआत हो गई है भिवानी डाकघर के अधीक्षक एल के सिंघल ने बताया कि भिवानी डाकमंडल में अब सारा काम पेपरलैस होगा पहले डाटा कोलेक्ट करते थे तो शिकायतें आती थी अब काम ऑन लाइन होगा तो शिकायतो का निपटारा तो ऑन लाइन होगा ही साथ ही किसी की डाक पार्सल को ट्रैक करना भी आसान होगा हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदर्शकारी कम्प्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को उनकी मांग पर गौर करने का आश्वासन दिया है

उल्लेख्नीय है कि बैठक से पहले पंचकूला स्थित शिक्षासदन का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारी कम्प्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा वाटर कैनर से पानी की बौछार की हरियाणा प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड के ग्रूग्राम फरीदाबाद और मेवात में सभी ईंट भट्टों के मालिकों से तीस जून तक अपनी चिमनी जिग जैक टैकनोलोजी से चलने को कहा है जिसमें प्रद्षण प्रद्षण कम होगा

इससे लागत खर्च कम होगा और नब्बे से पचानवें फीसदी ईंट अच्छी निकलेगी

हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड अब आठवीं कक्षा के छात्रो की भी एनरोलमेंट करेगा ताकि फेक दाखिले न हो सके

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा जगबीर सिंह ने बताया कि छात्र आठवीं किसी ओर राज्य से फर्जी तरीके मे करके नौवीं में हरियाणा में दाखिला लेकर एनरोलमेंट करवा लेते थे

जानकारी के अन्सार सहारनप्र निवासी तीन य्वक कार से पंचक्ला कलानौर बाईपास हाईवे पर जा रहे थे ये कार को डपंर ने टक्कर मार दी

वहीं जगाधरी के चनेटी निवासी य्वक की लाख आज स्बह जंगल के पेड़ से लटकी मिली है वह तीन दिनों से लापता था प्लिस घटना की जांच कर रही है हरियाणा प्लिस द्वारा जिला नूंह के बादली गांव में एक कद्दर अपराधी और उसके गिरोह के सदस्यों को पकडऩे के प्रयास में मारे गए छापे के दौरान आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस घटना में दो प्लिसकर्मी भी घायल हुए हैं गिरफ्तार व्यक्तियो की पहचान बादली गांव निवासी आदिल और हाफिज के रूप में हुई है प्लिस महानिदेशक श्री बी एस संधू ने आईजीपी साउथ रैंज और एसपी नूहं को प्लिस टीमे गठित करने छापे मारने और शेष अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये है